चनद्रयान द्वितीय कल सुबह में सीधे चन्द्रमा की ओर अपनी यात्रा श्रू करेगा

हरियाणा सरकार द्वारा आज रोहतक में इन्द्रधन्ष योजना के तहत स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली पंचायतों को प्रस्कृत किया गया यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्डस व हाउस ऑफ काम्न्स में पवित्र ग्रंथ गीता को स्थापित किया गया जम्म् कश्मीर प्लिस ने विभिन्न सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं से कहा है कि वे लोगों को आंतक फैलाने वाले और राज्य में स्थिति के बारे में नकारात्मक छवि पेश करने वाले अभियान के खिलाफ कार्रवाई करें प्रशासन ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी समेत आठ लोगों के टिवीटर अकाउंटस के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जम्मू कश्मीर प्लिस ने पाकिस्तानी पत्रकार दवारा सोशल मीडिया पर डाले गऐ पोस्ट को द्र्भावनापूर्ण बताते हुए इसका खंडन किया है कि केन्द्रीय रिज़र्व प्लिस बल और जम्मू कश्मीर प्लिस के जवानों के बीच किसी प्रकार की मुठभेड़ हई है एक टिवीट में कश्मीर प्लिस ने कहा है कि इस पोस्ट में दी गई जानकारी पूरी तरह से असत्य और निराधार है प्लिस ने सम्बधित ब्लॉग को इस बारे में सम्चित कार्रवाई करने को कहा है फेसब्क में कहा है कि वह जम्मू कश्मीर पर चर्चा को प्राथमिकता देता है और उसके मानकों के अन्रूप न पाये जाने वाले पोस्ट को हटा रहा है टिवीटर ने अफवाहे फैलाने वाले क्छ पाकिस्तानी पत्रकारों के अकांउट्स को भी बंद कर दिया है भारत का दस्रा चनद्रयान मिशन चन्द्रयान दवितीय कल सुबह से सीधे चन्द्रमा की ओर अपनी यात्रा श्रू करेगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त करते हये एक प्रस्ताव पारित किया है काबिले गौर है कि पिछले हफ्ते नई दिल्ली में एम्स में उनका देहांत हो गया था प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि उनके जानेसे देश ने एक विशिष्ट नेता और एक बेहतरीन सांसद को खो दिया है

वह एक कशल प्रशासक और एक विनम्र व्यक्ति के अलावा मिलनसार भी थी जिन्होंने विदेश में संकट में फंसे भारतीयों की मदद कर सभी का दिल जीत लिया

मंत्रिमंडल ने विभिन्न रूपों में देश की सेवा करने के लिए सुष्मा स्वराज की सराहना की उन्होंने सरकार और सम्पूर्ण राष्ट्र की तरफ से शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनायें भी प्रकट की

उन्होंने भिवानी की विभिन्न गऊशालाओं को अद्वावन लाख चालीस हजार रूपये के चैक वितरित किये श्री मंगला ने ये भी बताया कि गऊशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गोबर व गोमुत्र से गमले इडे ध्रपबती टिकिया फिनाइल व कीटनाशक दवाईयां बनाने वाले उपकरण खरीदने पर नब्बे प्रतिशत सबसिडी उपलब्ध कराई जा रही है उन्होंने बताया कि गऊओं व गोमांस की तस्करी में प्रय्क्त होने वाले वाहनों की सुपुर्दारी अब नहीं सके सकेगी ऐसे वाहन पकड़े जाने पर अब सीधे जब्त होंगे मौके पर मौजद् विधायक घनश्याम सर्राफ ने अपील की कि जो गऊशाला पंजीकृत नहीं है वे जल्द से जल्द पंजीकरण कराये ताकि वे भी आयगो दवारा दी जा रही सहायता राशि का लाभ उठा सकें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़े जाने पर आज रविदान समाज के लोगों ने हरियाणा में कई जगह प्रदर्शन किये करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने करीब दो घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रखा जिससे आवाजाही प्रभावित हई करनाल के लघ् सचिवालय के पास प्रदर्शनकारियो ने धरना दिया अम्बाला में विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी जूलूस की शकल में मानव चौक तक गये जहां पर उन्होंने अम्बाला हिसार मार्ग अवरूदव कर दिया

समारोह में हरियाणा के कृषि व पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर व सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे

उन्होंने बताया कि हर स्टार के लिए एक लाख रूपये प्रस्कार दिया जा रहा है श्री धनखड़ ने कहा कि प्रदेश की तीन हजार छ सौ चार पंचायते ऐसी है जहां एक बी स्कूल इरोप आऊट का मामला नहीं है और दो हजार तीन सौ बारह ऐसी पंचायते है जहां एक भी आपराधिक मामला नहीं है उन्होंने बताया कि एक हजार एक सौ आठ पंचायतों ने पर्यावरण सुक्षा और चार सौ पैसंठ पंचायतों ने सकारात्मक लिंगान्पात का प्रस्कार जीताहै इस मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेशअध्यक्ष स्भाष बराला ने इन्दधन्ष योजना की सराहना करते हये कहा कि एक गांव को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन बातों की जरूरत होती है वे सभी इस योजना में है यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्डस व हाउस ऑफ काम्न्स में पवित्र ग्रंथ गीता को स्थापित किया गया है

लंदन में आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव से स्वदेश लौटने पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के उदयोग एवं वाणिज्य मंत्री श्री विप्ल गोयल ने यह जानकारी दी

संगत ने श्री ग्रू ग्रंथ साहिब जीके समक्ष शीश नवाया और ग्र साहेब की ऐतिहासिक निशानियों के दर्शन किये इससे पहले कल देर रात शाम में नगर कीर्तन अम्बाला पहंचने पर संगतों दवारा भव्य स्वागत किया गया